राशन कार्ड कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन व कफ्यू के मददेनजर प्रदेश सरकार गरीबों व प्रवासी मजदूरों की हर संभव सहायता कर रही है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की अंतरराज्जीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्यों की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे

इसके अलावा तीन वर्ष के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान भी प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी ये बैठक कोरोना महामारी के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन और पूर्नलाभ की स्थिति में लाने को लेकर आयोजित की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन की अदायगी ईएसआईसी निधि से करने का भी आग्रह किया गया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली

राज्यपाल ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए विभिन्न ऑनलाईन पोर्टल के उपयोग और यूजीसी के दिशा निर्देशों के अन्रूप परीक्षाओं व आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयार किए गए रोड़मैप के संबंध में भी चर्चा की बंडारू दत्तात्रेय ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाईन कक्षाएं चलाने के लिए कुलपतियों की सराहना की मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करें मारकंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले के सभी गरीब परिवारों को अग्रिम राशन दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रा खुलने के बाद अब एक सप्ताह के भीतर लोगों को रसोई गैस और राशन वितरित किया जाएगा

उन्होंने बताया कि ये सभी लोग बाहरी राज्यों से ज़िले में आए थे और इनमें से चार लोग संस्थागत जबकि एक को होम क्वारंटीन में रखा गया था हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमितों में एक व्यक्ति नादौन उपमंडल की नौंगी पंचायत के राजपूतां गांव दूसरा गलोड़ तहसील के खूंगल का तीसरा टौणी देवी क्षेत्र के ग्वारडू गांव का जबकि एक महिला व एक युवक रेडू पधर गांव के हैं

उपायुक्त ने कहा कि इन सभी के पहले व दूसरे सम्पर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है हरिकेश मीणा ने बताया कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को इन क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं

गरीब कल्याण योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है इसी कड़ी में गरीबों व जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के तहत उनके खातों में दो दो हजार रुपये की राशि दी जा रही है किन्नौर ज़िले में किसान योजना के तहत खाते में आई इस राशि और मुफ्त राशन मिलने से बेहद खुश हैं किसानों का कहना है कि दो दो हजार रुपये मिलने से वे अपने खेतों व बागीचों के लिए बीज व अन्य कीटनाशक दवाईयां खरीद रहे हैं किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

ऊना से हमारे ज़िला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि इन सभी लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों के लिए भेजा गया चार दिन के बाद इन लोगों की जांच की जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा बाहरी राज्यों से ऊना पहुंचे लोगों ने विशेष रेल सुविधा के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है

कैंटीन शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लैफिटनेंट जनरल राज श्कला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना ने प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत सैनिकों को लाभान्वित करने के उदेश्य से बिलासपुर ज़िले के झंड़ता और मंडी के सुंदरनगर में सीएसडी कैंटीन खोलने को सहमति दे दी है जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की थी गोविंद वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों परिचालकों और अन्य कर्मचारियों को फेस शील्ड्स प्रदान की उन्होंने कहा कि कोरोना माहामारी के इस संकट में निगम के चालकों व परिचालकों सहित अन्य कर्मचारी कोरोना योद्वाओं की भूमिका निभा रहे हैं गोविंद ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को कोरोना संकमण से बचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं कुल्लू ऑटो कुल्लू ज़िला प्रशासन ने ऑटो चालकों को राहत प्रदान करते हुए ऑटो में एक सवारी को ले जाने की अनुमति दे दी है प्रशासन ने ऑटो चालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं ऑटो यूनियन ने ज़िला प्रशासन के इस निर्णय पर संतोष जताया है यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि ऑटो चलाने की अनुमति मिलने से ज़िले के करीब एक हजार ऑटो चालकों को अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता मिलेगी